इनमें से पंजाब के ओंकारचंद को पहले ही भारत भेज दिया है और मण्डी के तनुज कुमार व देवेन्द्र कुमार को उनके प्रायोजकों द्वारा छुड़वाया गया है रियाद में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने प्रत्यार्पण केंद्र के संबंधित अधिकारियों से मिलकर भारतीय नागरिकों को शीघ्र भारत भेजने की मांग की है दूतावास ने इस संबंध में हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भारतीय नागरिकों की रिहाई का मामला निजी तौर पर सउदी अरब के अधिकारियों से उठाने का आग्रह किया है

जयराम ठाकुर ने प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए लोगों का सहयोग मांगा और कहा कि भविष्य में भी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी

जयराम ठाक्र ने कहा कि संस्कृत महाविद्यालय डंगार का राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी इस मौके सांसद अनुराग ठाकुर सहित विधायकगण और अन्य गणमान्य लोगा मौजूद रहे महेंद्र सिह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने मंडी जिला के धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रवास के पहले दिन विभिन्न स्कूलों के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया अखंड शिक्षा ज्योती मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के तहत उन्होंने पटिट्काओं का अनावरण किया और स्कूल से निकले पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया

अनिल शर्मा राज्य सरकार द्वारा लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए हर वर्ष पांच सौ करोड़ रूपए का उपदान दिया जा रहा है ताकि लोगों पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने मण्डी में हिम ऊर्जा द्वारा सोलर पावर कार्यक्रम के तहत आयोजित दो दिवसीय मेले के समापन अवसर पर ये जानकारी दी इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रिड से जुड़ी छत पर लगने वाले सोलर पावर प्लांट कार्यक्रम का उददेश्य हिमाचल के युवा उद्यमियों को रोजगार के अवसर दिलाना है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने प्रदेश में कर्मचारियों की आउटसोर्स नीति को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ दिए गए बयान को तथ्यहीन बताया है ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को ऐसे बयान जारी करने से पहले मामले की तथ्यों के साथ जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स के आधार पर कर्मचारी रखने की परंपरा कांग्रेस सरकारों ने ही शुरू की थी उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जरूरत के आधार पर ही आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती कर रही है और भविष्य में ऐसी सभी नियुक्तियां लोकसेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित विभागों के माध्यम से ही की जाएंगी सरवीण चौधरी प्रदेश सरकार लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह सजग है और हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रयासरत है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने धर्मशाला के दुरगेला में पेयजल योजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के बाद एक जनसभा में ये बात कही

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सामाजिक संगठनों से नशीले पदार्थो को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर आगे आने का आहवान किया है पंजाब के मोहाली जिला के खरड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में घटता जल स्तर दोनों राज्यों सहित देश के अन्य भागों के लिए चिंता का विषय है राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जल स्तर में वृद्धि संभव है इस मौके पर उन्होंने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित भी किया इस बीच आचार्य देवव्रत ने चण्डीगढ़ में कृषि व खाद्य प्रौद्योगिकी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की मारकंडा ग्राम उत्पाद मेलों के माध्यम से गांव के लोगों को अपने उत्पाद के विकास व विस्तार के लिए मंच मिलता है और इससे उनकी आमदनी में भी वृद्वि होती है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नाबार्ड द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ग्रम्य उत्पाद मेले के उदघाटन अवसर पर ये विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीणों की आय वृद्वि और उत्पाद के विपणन के लिए नए विकल्प मिलेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नियमों में सरलीकरण कर अधिक से अधिक कंपनियों को शामिल करने के प्रयाए किए जाएंगे ताकि लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके

विपिन परमार प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति कृत संकल्प है और इस दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज हमीरपुर स्थित राधा कृष्ण मैडिकल कॉलेज का दौरा करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों को भरने की प्रकिया शुरू की जा रही है और इस कॉलेज में स्टॉफ की किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहने दी जाएगी

बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार पर कर्ज लेने संबंधी आरोपों को तथ्यहीन बताया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में बताया कि सत्र में कुल छः बैंठकें होंगी और इनमें एक बैठक गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए तय की गई है

बिंदल ने बताया कि विधानसभा सदस्यों ने अपने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुख्य मुददों को भी प्रश्नों के माध्यम से सामने रखा है विधानसभा अध्यक्ष ने मैकलोड़ गंज में हिमालय परिवार द्वारा आयोजित गोष्ठी में भी शिरकत की सुखविंद्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की दवा निर्माता कंपनियों के लगातार फेल होते नमूनों पर चिंता जताई है

सुखविंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपनी चार्जशीट में दवा कंपनियों और सरकार की मिलिभगत का खुलासा करेगी

इस अवसर पर स्थानीय विधायक विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस के प्रदेश सहप्रभारी गुरूकीरत कोटली भी मौजूद रहे

ठियोग विधानसभा क्षेत्र की धारकंदरू पंचायत के नागजुबड़ में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये राशि विकास कार्यो के लिए पंचायतों के खाते में सीधी डाली जा रही है जिससे स्थानीय विकास कार्यों में गति आई हैं